सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

यह वैक्सीनेशन एक मई से शुरू होगा

सरकार आक्सीजन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों में बढते कोविड संक्रमण से नये रोगियों की संख्या में बढोतरी के कारण ऑक्सीजन की मांग बढी है केन्द्र सरकार ने इन राज्यों के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढा दिया है

जन आंदोलन व्यवसायी ईश्वर खत्री ने आमजनों से अपील की है कि वे कोविड संकमण से बचाव और उसके फैलाव को रोकने के लिये कोविड का टीका लगवाए

प्रारंभिक पूर्वाभ्यास के बाद इसे षुरु किया जाएगा

इन पर रामायण और आईपीएल क्रिकेट से जैसे कार्यक्रम दिखाए जाएंगे

इस आवंटन में राज्यों की ओर से दवा की थोक खरीद तथा निजी माध्यमों से आपूर्ति भी शामिल है

राज्यों से कहा गया है कि तत्काल नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें जो रेमडेसिविर के निर्बाध आवागमन और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करें विशेष रेलगाड़ियां भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए देशभर में विशेष रेल सेवाएं चला रहा है

रेल मंत्रालय ने बताया रेलवे मांग के अनुरूप विशेष रेलगाड़ियां चलाना जारी रखेगा और यात्रियों को बिना किसी असुविधा के यात्रा कराने के पूरे प्रयास करेगा

इन केन्द्रों पर सामान्य कोविड मरीजों को होम आइसोलेशन की आवश्यक दवाएँ उपलब्ध होंगी कोविड सहायता केन्द्र स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के सहयोग से संचालित होंगे नगर निगम की गाड़ियाँ एनाउंसमेंट के जरिये इसकी जानकारी भी देंगी हर केन्द्र का एक नोडल अधिकारी के साथ एक डॉक्टर की सेवाएँ ली जायेंगी

इससे मरीजों को फायदा होगा और फीवर क्लीनिक सहित अन्य अस्पतालों की भीड़ में कमी आयेगी

आईपीएल क्रिकेट आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चौलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा यह मैच मुम्बई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम साढ़े सात बजे से शुरू होगा